यह इविकशन ड्राइव ईटानगर अतिरिक्त सहायक उपायुक्त सह एस्टेट अधिकारी के निर्देश में किया गया

मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने रविवार को तावांग स्थित खिन्मे सांगनाग चोर्कोलिंग मठ में वार्षिक धार्मिक उत्सव से चु में भाग लिया इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह त्यौहार गुरु पद्यमासामभावा का तावांग में आषिश दिए जाने पर धन्यावाद भेंट करने के उपलक्ष में मनाया जाता है

तिराप मुख्यालय खोनसा से चौदह किलोमीटर दूर स्थित न्यू तुपी गाँव में चौबीस जून को अंतराष्ट्रीय विधवा दिवस मनाया गया कार्यक्रम में जिले के तेरह गावों से एक सौ अठानवे विधवाओ सहित चर्च के सदस्यो ने भाग लिया

जिला उपायुक्त ने तिराप मुख्य परिषद गांव बुढ़ावो और शिक्षित युवाओ और लोगो से बेवाओ की सशक्तीकरण और समाज में उनकी पहचान के लिए हर संभव सहयोग देने को कहा

मादक पदार्थो के सेवन खासकर अफीम की लत के मद्देनजर लोहित अंजाव और नामसाई के जिला प्रशासनो और लोगो की चिंता को बांटते हुए क्षी कुमार ने यह बात कही उन्होंने शिक्षको और समुदाय के बड़ो से युवाओ को टेकनाँलजी सोशल मिडिया और माँबाईल की उचित इस्तेमाल पर संवेदनशील बनाने की अपील की लोहित जिले के वाकरो स्थित अनु शिक्षा सेवा ट्रस्त द्वारा शिक्षको के लिए आयोजित तीन दिवसीय अभिविन्यास कार्यक्रम के समापन समारोह में शरीक होते हुए कमांडेट धर्मेन्द्र कुमार भटारिया ने यह बात कही रविवार को प्रसारित हुए प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम की पेंटालिसवा संस्करण को सुचना व प्रसारण मंत्रालय फिल्ड आऊटरिच ब्यूरो जिरो ने प्रधानमंत्री के भाषणो को आँल इंडिया रेडियो से रिले द्वारा लोअर सुबनसिरि जिला स्थित आबुलयांग गाँव में प्रसारित किया इस प्रसार प्रचार जागरुकता कार्यक्रम के दौरान फिल्ड आऊटरिच ब्युरो के इकाई प्रभारी ने प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम की मुख्य बातो और केंद्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित कल्याण योजनाओं के बारे में लोगो को जानकारी दी इस अवसर पर उन्होंने शहरी जन और ग्रामीणो के लाभ के लिए प्रचार प्रसार की सामग्री वितरीत किया इस कार्यक्रम के नक्शे कदम पर चलते हुए फिल्ड आऊटरिच ब्यूरो तेजू ने भी इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया भारत के अठ्ठाइसवे अंतराष्ट्रीय फिल्म समारोह में हिन्दी फिल्म तुम्हारी सुल्लू को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार इरफान खान को फिल्म हिन्दी मीडियम के लिए मिला श्री देवी को माँम फिल्म में अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया साकेत चौधरी को फिल्म हिंदी मीडियम के लिए सर्वश्रेष्ठ निदेशक चुना गया इस वर्ष आँस्कर के लिए नामित फिल्म न्यूटन को सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार दिया गया अरिजीत सिंह को जब हैरी मैट सेजल फिल्म गाने हवाएं के लिए सर्वश्रेष्ठ पार्शव गायक का और मेघना मिश्रा को सिक्रेट सुपर स्टाँर के गाने मैं कौन हूँ के लिए सर्वश्रेष्ठ पार्शव गायिका के लिए चुना गया सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार अमाल मलिम तनिष्क बागची और अखिल सचदेव को फिल्म बद्रीनाथ की दुल्हनिया के लिए दिया गया अभिनेता अनुपम खेर को समारोह में विशिष्ट उपलब्धि पुरस्कार प्रदान किया गया पुरस्कार समारोह कल रात बैंकाँक के सियाम निरामित थियेटर में हुआ भारत की दीपिका कुमारी ने विश्व कप तीरमदाजी प्रतियोगिता में महिलाओ की रिकर्व स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है दीपिका ने जर्मनी की मिशेल क्रोपेन को सात तीन से हराया इस जीत के साथ ही दीपिका ने तूर्की में इसी वर्ष होने वाली विश्व कप तीरंदाजी के लिए क्वालीफाई कर लिया है लेकिन मिक्स्ड रीकर्व मुकाबले में दीपिका और अतानुदास चीनी ताईपेई की जोड़ी से हार गए फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज से ग्रुप चरण के अंतिम मुकाबले शुरु हो रहें है आज के पहले मैच में ग्रुप ए के सऊडी अरब और मिस्र के बीच खेला जा रहा है नाँक आउट चरण से पहले ही बाहर हो चुकी ये दोनो टीमें विश्व कप में अपने सफर का समापन जीत के साथ करना चाहेंगी ग्र्प ए में ही मेजबान रुस का सामना उरुग्वे से होगा दोनो ही टीमें पहले ही प्रीक्वार्टर फाइनल में पहुंच गयी है लेकिन इस मैच के परिणाम से यह तय होगा कि कौन सी टीम इस ग्रुप में टाँप पर रहेगी ग्रुप बी में ईरान का सामना पुर्तगाल से होगा ईरान अगर यह मैच जीत जाता है तो विश्वकप में उसकी उम्मीदें बनी रहेंगे हार के साथ ही ईरान विश्व कप से बाहर हो जाएगा दूसरी तरफ पुर्तगाल की टीम भी बिना किसी अगर मगर के फेर में फंसे जीत दर्ज कर सीधे अंतिम सोलह में पहुचनी की कोशिश करेगी इसी ग्रप में स्पेन का सामना मोरक्को से होगा स्पेन अगर यह मैच जीत जाता है तो वह अंतिम सोलह में पहुंच जाएगा